श्री पॉल ने कल नई दिल्ली में कहा कि वायरस के परिवर्तित स्वरूप का कोई अलग उपचार नहीं है उन्होंने मास्क सुरक्षित दूरी साफ सफाई और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद हमे तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर किस समय और किस स्तर की होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है

इसके अत्यधिक प्रयोग से बुरा प्रभाव हो सकता है श्री गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कन्संन्ट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही करना चाहिए

श्री रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा है कि कोरोना का हल्का संकमण होने पर पहले पांच दिन में स्टेरॉएड लेना नुकसानदेह हो सकता है

इस दौरान नये संकमितों के मुकाबले में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोग जन अनुशासन पखवाडे का सख्ती से पालन करे तो इस संख्या को तेजी से घटाया जा सकता है

इससे ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर ऑक्सीजन सिलेण्डर और अन्य उपकरण खरीदे जायेंगे

आयोग ने तीन संसदीय क्षेत्रों और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनाव टालने की घोषणा की है इनमें राजस्थान के वल्लभनगर विधानसभा का भी उपचुनाव शामिल है

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित के लिए समर्पित रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अजीत सिंह के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके परिवारजन और समर्थको को यह दुःख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की है